बिहार में कोविड उन्नीस संक्रमण के ग्यारह नये मामले आने के साथ ही इस वैश्विक महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब तिरासी हो गयी है संक्रमण के नौ नये मामले मुंगेर से और दो बक्सर जिले से आये हैं मुंगेर के जमालपुर के नौ लोग पॉजिटिव पाये गये हैं संक्रमित लोगों में छह माह और दो साल की एक बच्ची भी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि ये सभी लोग एक ही परिवार के हैं वहीं बक्सर जिले के डुमरांव प्रखंड के नया भोजपुर गांव के दोनों मरीज प्रूष हैं बताया जाता है कि मुंगेर के जमालपुर से जो मरीज पॉजिटिव पाये गये हैं वे लोग तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों के संपर्क में आये थे इधर राजधानी पटना में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद सुल्तानगंज क्षेत्र के एक इलाके को हॉट सपॉट घोषित करते हुए सील कर दिया गया है इस महामारी से अब तक सैंतीस लोग इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं इधर पटना जिले के पोपुलर अस्पताल और खुसरूपुर स्थित सेंट्रल अस्पताल को सील कर दिया गया है दोनों सील अस्पताल में मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गयी है एम्स पटना में भर्ती होने के पहले कोरोना संक्रमित मरीज ने इन अस्पतालों में अपना इलाज कराया था इसके अलावा पटना के मीठापुर बंगाली टोला के समीप एक जांच घर को क्वारेंटाइन कर दिया गया है इस जांच घर में इस युवक की जांच की गयी है इधर वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड में कोरोना के एक संदिग्ध मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने राघोपुर पूर्वी क्षेत्र को क्वारेंटाइन जोन बनाकर पूरी तरह सील कर दिया गया है केंद्र सरकार के जमीनी स्तर पर ठोस उपायों के कारण देश के तीन सौ पच्चीस जिलों में कोई भी व्यक्ति कोविड उन्नीस रोगी नहीं है पिछले चौदह दिन में सत्ताईस जिलों में किसी भी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है पिछले चौबीस घंटों में एक हजार तीन सौ बीस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई एक हजार पांच सौ पंद्रह रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जबकि चार सौ बीस की मृत्यु हुई है अभी तक बारह हजार सात सौ उनसठ लोग कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में जिला स्तर पर कोविड उन्नीस को फैलने से रोकने और कलस्टरों के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करेगा

जिसमें माइक्रो प्लान्स फॉर कलस्टर और आउंटब्रिक कंटेनमेंट के डेवलपमेंट के लिए जिला स्तर पर डब्ल्यू एच ओ अधिकारियों के साथ टेक्निकल कोआर्डिनेशन किया जाए उस पर विस्तृत चर्चा हुई साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय डब्ल्यू एच ओ की नेशनल पोलिया सर्विलेंस नेटवर्क टीम की सर्विसिज को यूटिलाइज करते हुए हमारी ऑन गोइंग सर्विलेंस को कैसे स्टॅलेन किया जाए उस पर भी एक एक्शन प्लान बनाया गया है कैबिनेट सचिव राजीव गॉबा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि अन्य राज्यों में काम करने वाले मजदूरों और लॉकडाउन के कारण फंसे व्यक्तियों की सुरक्षा आवास और भोजन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए ये नोडल अधिकारी अन्य राज्यों में काम करने वाले मजदूरों के लिए इंतजाम में समन्वय करेंगे श्री गॉबा ने निर्देश दिया कि ऐसे लोगों के प्रत्येक शिविर में वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी बनाया जाना चाहिए

उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों से संबंधित मुद्दों के समन्वय और निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए श्री गौवा ने निर्देश दिया कि प्रत्येक राहत शिविर एक वरिष्ह अधिकारी की निगरानी में होना चाहिए इसके अलावा महानगरीय क्षेत्रों में कत्याणकारी उपयोगों को लागू करने के लिए निगमायुक्तों की नियुस्तिका भी सुझाव दिया गया है सभी जिलों में प्रवासी कामगारों और फंसे हुए व्यक्तियों की गणना और उनके लिए भोजन और आश्रय सुनिश्चित करने का दिशानिर्देश दिया गया है इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार उन्हें मानसिक और सामाजिक परामर्श देने का भी सुझाव दिया गया है

इधर गृह मंत्रालय की प्रतिनिधि ने बताया कि राज्यों ने लॉकडाउन के उपायों को लागू करने के प्रयास तेज कर दिए हैं आवश्यक वस्तुओं संबंधी स्थिति संतोषजनक है गृह मंत्रालय की अधिकारी पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि विमान सेवा और कैब सेवाओं सहित सड़क परिवहन भी तीन मई तक बंद रहेगा

सभी शैक्षिक एवं संबंधित संस्थान बंद रहेंगे सभी सिनेमा हॉल्स मॉल्स शॉपिंग कॉम्पलैक्स जिम्नेशियम स्पोर्टस कॉम्पलैक्स तथा इसी प्रकार के स्थान बंद रहेंगे सभी सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन शैक्षणिक सांस्कृतिक धार्मिक समारोह और अन्य सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी पूर्णबंदी के दूसरे चरण के संशोधित दिशा निर्देश लागू हो गये हैं ऐसे इलाके जो संक्रमण प्रभावी नहीं हैं उन इलाकों में बीस अप्रैल से सशर्त छूट दी जाएगी लॉकडाउन का कडाई से पालन कराने के लिए कई निर्देश जारी किये गये हैं

कार्यालय में सुविधाजनक स्थानों पर सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी प्रत्येक कार्य स्थल संपूर्ण सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए हर शिफ्ट के दरमियान एक घंटे का अंतराल सुनिश्चित करेंगे

पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता पिता को भी घर से काम करने के लिए कहा जाना चाहिए सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कार्यालयों में आयोजित बैठकों में कम से कम लोगों की संलिप्तता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए सुरक्षित रहें और नवीनतम जानकारी के लिए आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहें आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने मात्र पन्द्रह दिनों में इकतीस हजार दावों को निपटाते हुए अंशधारकों को नौ सौ छियालीस करोड़ रुपये का भुगतान किया है श्रम मंत्रालय ने बताया कि कोविड उन्नीस महामारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज पीएमजीकेवाई के तहत भविष्य निधि खातों से पैसे निकालने के लिए जो विशेष सुविधा दी गई उससे नौकरी पेशा लोगों को समय पर बड़ी राहत मिली है मंत्रालय ने कहा है कि पीएमजीकेवाई के तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट से अतिरिक्त दो सौ चौरासी करोड़ रुपये भी जारी किए गए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी अधिकारियों और कार्यालयों में किसी भी उद्देश्य के लिए जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए मंत्रालय से जारी परामर्श में इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के प्रति चेतावनी दी गई है प्राइवेट यूजर को भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के संबंध में भारत की कम्प्युटर सुरक्षा एजेंसी सर्ट इन की एडवाइजरी का पालन किया जाए जूम प्लेटफार्म वीडियो कांफ्रेंस के लिए सोशल मीडिया का एक प्लेटफार्म है हाल ही में कई लोगों ने शिकायत की थी कि इसके उपयोग से निजी गोपनीयता भंग होती है नोवल कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन के दौरान अनेक देशों में वीडियो कांफ्रेंस के लिए जूम प्लेटफार्म का उपयोग किया जा रहा है केन्द्र सरकार ने मनरेगा रोजगार कार्यक्रम के तहत लंबित मजदूरी के भूगतान के लिए राज्यों को तीन सौ करोड़ रूपये जारी किये हैं केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने राज्य सरकारों से कोविड उन्नीस से सुरक्षित क्षेत्रों में सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए मनरेगा के तहत पर्याप्त संख्या में रोजगार सुजन के कार्यक्रम चलाने को कहा है श्री तोमर ने अपने मंत्रालय के अंतर्गत चलाये जा रहे फ्लैगशिप कार्यक्रमों की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को लॉक डाउन के दूसरे चरण की अवधि में अधिक से अधिक रोजगार के कार्यक्रम चलाने को कहा इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अधिकारियों को जल्द से जल्द रोजगार सुजन के कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिये हैं इसके अंतर्गत तालाबों का जीर्णोद्वार और बाढ़ निरोध कार्य चलाने को कहा है केन्द्र सरकार ने कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया कि पूर्णबंदी समाप्त होने और सामान्य स्थिति बहाल होने तक फीस के भुगतान का दबाव न बनाया जाए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि कुछ संस्थान विद्यार्थियों पर लॉकडाउन के दौरान प्रवेश शुल्क सहित फीस का भुगतान करने के लिए दबाव बना रहे हैं मंत्रालय ने सभी कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया है कि अपनी वेबसाइट पर यह सूचना प्रदर्शित करें और ईमेल के जरिए विद्यार्थियों को भी यह जानकारी दें शिक्षकों के वेतन के भुगतान के मुद्दे पर मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पूर्णबंदी के दौरान शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते जारी किए जाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद शैक्षिक कैलेंडर जारी करेंगे वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक दूरी बनाये रखना कोविड उन्नीस के प्रसार को रोकने में काफी मददगार है पब्लिक हेत्थ फाउंनडेशन ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष डाक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने देश में कोविड उन्नीस के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया

हमें यह आवश्यक है कि दो मीटर का फासला रखें एक दूसरे के बीच में खास करके जब हम घर के बाहर जाते हैं मार्केट में या ऑफिस में काम करना फिर शुरू कर देते हैं केन्द्र सरकार द्वारा लॉक डाउन के दौरान लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कई उपाय किये जा रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस के पैसे मिलने से गृहिणियों को काफी सुविधा हो रही है

इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा मंत्रालय की ओर से विमानन कंपनियों को इस बारे में जरूरी आदेश जारी किए गए हैं मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान यात्रा के टिकटों के रद्द कराए जाने पर यात्रियों को पूरा रिफंड देना होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार छब्बीस अप्रैल को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे लोग रेडियो पर प्रसारित इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव टॉल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकार्ड करा सकते हैं सुझाव के लिए फोन लाईन तेईस अप्रैल तक खुली रहेगी भारतीय स्टेट बैंक एटीएम से लेन देन पर तीस जून तक कोई चार्ज नहीं लेगा एसबीआई के ग्राहक किसी अन्य बैंक के एटीएम पर भी तीस जून तक इसका लाभ उठा सकते हैं उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पांच साल लगातार सेवा करने के बाद सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारी को पेमेंट ऑफ ग्रेज्यूटी एक्ट के तहत पूरी ग्रेज्यूटी मिलेगी राजधानी पटना के न्यू बाईपास के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आकर तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि ग्यारह लोग घायल हो गये

वहीं सीवान बेगूसराय नालंदा और नवादा में घर घर सघन जांच शुरू होने की खबर को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से शीर्षक लगाया है रोजगार सूजन में स्थानीय मजदूरों को दे काम दैनिक भास्कर की सुर्खी है कोरोना को हराकर आठ और घर लौंटे इसी अखबार ने सुर्खी लगायी है बीस अप्रैल से मोबाईल लैपटॉप फ़िज और एसी भी ऑनलईन खरीद सकेंगे और अब अंत में मुख्य समाचार बिहार में कोविड उन्नीस संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर तिरासी हुई